वैश्विक सम्मेलन रायसीन संवाद कल शाम नई दिल्ली में शुरु हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र मे शामिल हुए न्यूजीलैंड कनाडा स्वीडन डेनमार्क भूटान दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने भी सत्र में भाग लिया तीन दिन के इस सम्मेलन में रुस ईरान ऑस्ट्रेलिया मालदिव दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ सहित बारह देशों के विदेश मंत्री भाग ले रहें हैं

इस अवसर पर राज्य के गृहमंत्री बामंग फेलिक्स स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग पर्यटन मंत्री नाकाप नालो अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष निपो नाबम राय़्य के प्रभारी मुख्य सचिव ए सी शर्मा सहित कई आलाधिकारी उपस्थित थे राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स दोईमुख में इन दिनों एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न हिस्सों के एन सी सी कैडट प्रशिक्षण ले रहे है इसमें तेजपूर गुवाहाटी आंध्रप्रदेश और तेलंगाना एन सी सी संभाग के करीब छह सौ कैडेट शामिल है यह कैडेट सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा परेड हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे है इन कैडेटों को सामाजिक आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर परिचर्चा में भाग लेने का अवसर भी मिल रहा है भारत चीन सीमा से लगे अपर सुबनसिरी जिले के ताकसिंग में भारतीय सेना ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक स्वास्थ्य शिविर लगाया

उन्होंने ग्रामीणों को केंद और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ही सेना दिवस के अवसर पर आज नामसाई में भारतीय सेना के दाव डिविजन के लोहित ब्रिगेड द्वारा हथियार की प्रदर्शनी लगाई गई अरुणाचल यूनिवर्सिटी में आयोजित इस प्रदर्शनी में सैन्य कर्मियों ने स्थानीय युवाओं को सेना के बारे में जानकारी दी सैन्य कर्मियों द्वारा विद्यार्थियों को सेना द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले विभिन्न हथियारों और उपकरणों के अलावा सेना में रोजगार के अवसरों के बारे में भी जानकारी दी गई इसका उद्देश्य युवाओं को सेना में शामिल के लिए प्रोत्साहित करना है देशभर में आज बहत्तरवां सेना दिवस मनाया जा रहा है

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सेना दिवस पर भारतीय सेन के वीर जवानों अवकाश प्राप्त सैन्यकर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी है इस अवसर पर थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सभी सैन्य कर्मियों उनके परिवारों अवकाश प्राप्त सैनिकों वीर नारियो और सशस्त्र बलों को बधाई दी है उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने उच्चतम स्तर की दक्षता का प्रदर्शन किया है और यह कई तरह की जटिल सुरक्षा चूनौतियों से निपटने में कामयाब रही है श्री नरवणे ने कहा कि हमारी सेना नई और स्वदेशी प्रौद्योगिकी की तरफ तेजी से बढ़ रही है ताकि हम आधुनिक क्षमताओं से लैस रहे और युद्ध में विजय हासिल कर सकें उन्होंने कहा कि जानमानस में सेना के प्रति हमेशा गौरव का भाव रहा है इस मौके पर सेना प्रमुख ने उल्लेखनीय योगदान के लिए कई सैनिकों को सम्मानित किया अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला कल से आरंभ हो गया देशभर से श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर इस पावन कुंड में स्नान के लिए आते है लोहित जिला प्रशासन के अनुसार बारह हजार से अधिक श्रद्धालु अब तक मेले में आ चुके हैं ऐतिहासिक परशुराम कुंड लोहित नदी क्षेत्र में अवस्थित है असम में माघ बिहु का त्यौहार बड़े ध्रमधाम से मनाया जा रहा है माघ बिहु त्यौहार असम में फसलों की कटाई खत्म होने के बाद खुशी मनाने के लिए मनाया जाता है माघ बिहु का उत्सव मकर संक्रांति से शुरु होता है और पूरे सप्ताह तक चलता है माघ बिहु पर्व मनाने के लिए देशभर के लोग असम आते हैं बिहु के अवसर पर राज्यभर में लोक संस्कृति के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है